नरेन्द्र मोदी तीस मई की शाम को दूसरे कार्यकाल के लिए देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे विदेश मंत्रालय ने बताया कि किर्गिस्तान के राष्ट्रपति और शंघाई सहयोग संगठन के वर्तमान अध्यक्ष सूरोनबे जीनबेकोफ तथा मॉरीशस के प्रधानमंत्री और इस वर्ष के प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि प्रविन्द जगनॉथ को भी आमंत्रित किया गया है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि पड़ोसी देशों को वरीयता देने की सरकार की नीति के अनुरूप इन नेताओं को आमंत्रित किया गया है बिम्सटेक बंगाल की खाड़ी से लगे देशों के बीच बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग का संगठन है जिसके सदस्यों में बंगलादेश म्यामां श्रीलंका थाईलैंड नेपाल भूटान और भारत शामिल हैं

उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू की एक विराट सोच थी वे भारत की संस्कृति के उपासक थे मुख्यमंत्री कल रात पंडित जवाहरलाल नेहरू की पचपनवीं पुण्यतिथि के अवसर पर आकाशवाणी के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता के नाम अपने संदेश में कहा कि पंडित नेहरू ने देश के विकास के लिए लोकतंत्र को अपना मूलमंत्र बनाया मुख्यमंत्री ने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ को पंडित नेहरू की अनुपम सौगात है यह संस्थान नेहरू मॉडल के औद्योगिकीकरण की मिसाल है कि किस तरह इससे इस्पात ही नहीं बना बल्कि जिंदगियां भी बनाई गईं श्री बघेल ने कहा कि छोटे छोटे राज्यों में बंटे भारत को एक अखण्ड देश के रूप में पिरोने की कल्पना नेहरू जी ने ही की थी और अपने सहयोगी सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ मिलकर इसे अमलीजामा पहनाया उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू विराट व्यक्तित्व के धनी थी जिनके पुण्य कर्मों की वजह से आज भारत एक विश्व शक्ति है

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने ट्वीट कर कहा है कि देश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किये गये सावरकर के बलिदान को हमेशा याद रखेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वीर सावरकर साहस देशभक्ति और मजबूत भारत के प्रति अट्ट आस्था के प्रतीक थे जिन्होंने अनेक लोगों को राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित किया गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने वीर सावरकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा है कि देश को लिए उनका योगदान भावी पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा

इसके लिए राज्य में पहली बार आज राजधानी रायपुर में भारतीय पुनर्वास परिषद के पाठयक्रमों के संचालन के लिए वर्तमान परिदृश्य संभावनाएं कार्ययोजना विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई इस दौरान प्रदेश के चौदह विश्वविद्यालयों और भारतीय प्नर्वास परिषद के प्रतिनिधियों ने एक साथ पाठ्यक्रमों को शुरू करने के संबंध में चर्चा की बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष प्रभा द्बे ने बताया कि दिव्यांग बच्चों के हित और विकास के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला के माध्यम से विश्वविद्यालयों को दिव्यांग बच्चों की विशेष आवश्यकताओं से संबंधित पाठ्यक्रम संचालित करने में मदद मिलेगी इससे दिव्यांग बच्चों के विकास जीवन और अधिकारों की रक्षा तथा शिक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षित लोग उपलब्ध होंगे उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रमों के संचालन से बेरोजगारों को अस्पताल और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा

परीक्षा सुबह दस बजे से दोपहर सवा दो बजे तक होगी प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में एक सौ बावन परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं परीक्षा में प्रदेशभर से तिरपन हजार तीन सौ सतहत्तर परीक्षार्थी शामिल होंगे

प्रवेश पत्र आज रात बारह बजे तक डाउनलोड किए जा सकते हैं परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा में मूल पहचान पत्र लेकर आना अनिवार्य है पहचान पत्र के रूप में मतदाता परिचय पत्र ड्रायविंग लाइसेंस पैन कार्ड आधार कार्ड पासपोर्ट विद्यालय का फोटोयुक्त परिचय पत्र तथा फोटोयुक्त मूल अंक सूची का इस्तेमाल किया जा सकता है मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थियों को केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा

इसी तरह राजस्व प्रकरण लंबित पाए जाने पर एसडीएम रायपुर संदीप अग्रवाल तहसीलदार अमित बेग अतिरिक्त तहसीलदार हरिओम द्विवेदी और नायब तहसीलदार कृष्ण कुमार साहू को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है गौरतलब है कि कल राजस्व विभाग के सचिव एनके खाखा रायपुर संभाग के आयुक्त जी आर चुनेन्द्र और अपर आयुक्त एलएस केन ने रायपुर के एसडीएम और तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण कर लंबित प्रकरणों की जानकारी ली थी निरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार सरिता मढ़रिया के न्यायालय में राजस्व प्रकरण के निराकरण में गंभीर अनियमितता और कार्य में लापरवाही पाई गई जिसके कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला कार्यालय रायपूर नियत किया गया है उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को आम जन से जुड़े मामलों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं

जिलेभर से नवोदय विद्यालय के लिए अस्सी बच्चों का चयन किया गया है इनमें से साठ बच्चे ग्रामीण और बीस बच्चे शहरी क्षेत्र से हैं वन और खाद्य मंत्री मोहम्मद अकबर ने इन बच्चों का नवोदय विद्यालय में चयन होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि यह बच्चों की मेहनत और लगन का परिणाम है जिसके कारण एक ही स्कूल के दस बच्चों का चयन हुआ है श्री अकबर ने इसके लिए शिक्षक के साथ साथ पालकगणों को भी बधाई दी है

वहीं राजधानी रायपुर में भी मौसम में अचानक बदलाव आया और तेज हवाओं के साथ आंधी चली मिली जानकारी के मुताबिक बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में कई जगहों पर बारिश हुई है मुंगेली में बारिश के साथ ओले भी गिरे वहीं बिलासपुर बेमेतरा जांजगीर चांपा बलौदाबाजार और अंबिकापुर में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है बदली बारिश की वजह से आज प्रदेश के तापमान में कमी दर्ज की गई हालांकि कई जगहों पर गर्मी का कहर जारी है और लू चल रही है आज प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान चवालीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दुर्ग में दर्ज किया गया मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई है

फिलहाल श्री सिंह सामान्य प्रशासन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने आज आरंग में आम जनता की समस्याएं सुनीं इस दौरान डॉक्टर डहरिया ने अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण निर्धारित समय सीमा में करने के निर्देश दिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने दल्लीराजहरा रावघाट नई रेललाइन परियोजनाओं के तहत रायपुर भानुप्रतापपुर दुर्ग डेमू के परिचालन का विस्तार करते हुए इसे केवटी रेलवे स्टेशन तक चलाने का निर्णय लिया है यह गाड़ी परसों तीस मई से शुरू होगी जगदलपुर जिले के ग्राम आसना के पास आज कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर में एक महिला की मौत हो गई वहीं तीन अन्य लोग घायल हो गए हैं सुकमा जिले में पूलिस ने गादीराम मार्ग पर एक ट्रक से ग्यारह क्विंटल गांजे के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जब्त गांजे की कीमत लगभग पचपन लाख रूपये बताई जा रही है